ये उनका पहला बजट होगा और नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का भी यह पहला बजट है इस बीच वित्त मंत्री ने अपने कनिष्ठ सहयोगी वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कल शाम आम बजट को अंतिम रूप दिया आकाशवाणी से बजट भाषण का सीधा प्रसारण किया जाएगा मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार मण्डी जिले के जंजैहली कांगड़ा के बीड़ बिलिंग व पाँग बांध और शिमला के चांशल क्षेत्र को पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकसित करेगी ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से विश्व स्तरीय अधोसंरचना का विकास किया जाएगा ताकि पर्यटकों को प्रदेश के अनछुए क्षेत्रों की ओर आकर्षित किया जा सके जयराम ठाकुर ने कहा कि बीड़ बिलिंग में आठ करोड़ रुपये की लागत से पैराग्लाईडिंग केन्द्र का विकास किया जाएगा और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पुराने ट्रैकिंग मार्गों और विश्राम स्थलों को सुदृढ़ किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि चांशल क्षेत्र को भी शीतकालीन खेलों के लिए विकसित किया जा रहा है

आरके पूर्थी को सिरमौर केसी चमन को सोलन और राकेश शर्मा को किन्नौर का उपायुक्त लगाया गया है प्रमुख सचिव आबकारी व कराधान जगदीश चंद्र को प्रमख सचिव लोकनिर्माण विभाग जबकि प्रमुख सचिव विजिलेंस संजय कुंडू को प्रमुख सचिव आबकारी व कराधान का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप भटनागर का कांगड़ा के मंडलायुक्त पद पर स्थानांतरण हुआ है दुर्घटना चंबा जिले में भरमौर के गरोला स्वाई मार्ग पर बासदा के समीप कल शाम एक कार के गहरी खाई में गिरने से तीन लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि दो अन्य घायल हुए हैं चंबा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा रैफर किया गया है पुलिस द्र्घटना के कारणों की जांच कर रही है इस बीच मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों से संवेदनाएं प्रकट की हैं उन्होंने घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है स्थानीय विधायक जिया लाल ने भी शोक संतप्त परिजनों से गहरी संवेदना व्यक्त की है जल शक्ति जल शक्ति अभियान के तहत प्रदेश के अनेक स्थानों पर जल संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है

इस दौरान पौध रोपण किया जाएगा और भू जल स्तर को बढ़ाने के लिए अन्य कारगर कदम उठाए जाएंगे एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों और मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल में तीन डीसी व डेढ़ दर्जन एसडीएम बदले

अमर उजाला ने खबर दी है निजी स्कूल बढ़ाई गई फीस घटाने के लिए तैयार जबकि हिमाचल दस्तक लिखता है शिक्षा विभाग का निर्णय एक माह में फीस घटाएंगे निजी स्कूल पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है जंजैहली पौंग बांध चांशल व बीड़ बिलिंग में होगा पर्यटन विकास

प्रदूषण रोकने को हिमाचल ने बनाई अपनी ईंधन नीति शीर्षक से खबर को दैनिक सवेरा टाइम्स ने प्रमुखता दी है इसी समाचार पत्र के अनुसार चंबा के भरमौर में गहरी खाई में गिरी कार तीन की मौत मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है मानसून की पहली ही बारिश से कहीं आफत कहीं राहत दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल में मानसून ने पकड़ी रफ्तार दैनिक जागरण के शब्द है मानसूनी फुहारों से गर्मी शांत आपका फैसला का कहना है मानसून सकिय हिमाचल के कई जिलों में झमाझम बारिश